गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि गृह मंत्रालय ने आवश्यक वस्त्ओं की स्थिति और लॉकडाउन उपायों की विस्तृत समीक्षा की है आवश्यक वस्त्ओं और सेवाओं की आपूर्ति की मौजूदा स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है स्वास्थ्य मंत्रालय में संय्क्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं को कल बताया कि सरकार सम्दाय में संक्रमण का फैलाव रोकने की रणनीति अपना रही है श्री अग्रवाल ने कहा कि इस रणनीति के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं विशेषकर उत्तर प्रदेश में आगरा और गौतमब्द्वनगर केरल में पथनमथिद्दा राजस्थान में भीलवाड़ा और पूर्वी दिल्ली में यह रणनीति कारगर साबित हई है

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या चार हजार सात सौ नवासी हो गई है

इस योजना में प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज प्रत्येक माह निश्ल्क दिया जाएगा यह अनाज राष्ट्रीय खाद्य स्रक्षा कानून के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक दिया जाएगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश बिहार तेलंगाना असम हिमाचल प्रदेश मेघालय सिक्किम उत्तराखंड महाराष्ट्र ग्जरात हरियाणा केरल मिजोरम राज्यों ने एफसीआई से अनाज लेना श्रू कर दिया है मंत्रालय ने कहा कि एफसीआई देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी भागों में पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए दिन रात काम कर रहा है

राज्य सरकार प्रे राज्य में आवश्यक सामग्री की उपल्बधता स्निश्चित करा रही है दूर दराज के क्षेत्रों में हैलीकॉप्टर से आवश्यक सामग्री भेजी जा रही है राजधानी ईटानगर में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से घर घर आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा रहा है

हालांकि परिषद ने कहा कि सैंपल संग्रह केंद्र बनाते समय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और सैंपल लेने का काम व्यक्तिगत स्रक्षा उपकरणों के इस्तेमाल के साथ होना चाहिए

अभि तक उन्नीस टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिलि है

आईटीवीपी क्षेत्र में लगाता फोग़िंग और थर्मल स्केनिंग कर रही है

इंस्पेक्टर बी प्रकाश ने बताया कि क्षेत्र में डिसइनफेक्शन कार्यक्रम भी चलाया जायेगा